प्रधानमंत्री ने इस दौरान कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित राज्यों के अधिक से अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध करवाने और कोविड देखभाल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया उन्होंने चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता सुचारू करने की भी जरूरत बताई प्रधानमंत्री ने महामारी पर रोक लगाने के लिए बेहतर प्रबंधन तेजी से जांच और लघु रोकथाम क्षेत्र बनाने पर बल दिया प्रधानमंत्री ने आज ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कोविड से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति की समीक्षा के लिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी बैठक की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने प्रदेश वासियों से कोरोना का टीका लगवाने के लिए आगे आने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री आज शिमला स्थित दीन दयाल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का दूसरा खुराक लगवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

उन्होंने कहा कि फेस मास्क का उपयोग परस्पर दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन और नियमित रूप से हाथ धोने से कोरोना संक्रमण से आसानी से बचा जा सकता है बाजार बंद राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में कल और परसों यानि शनिवार और रविवार को बाजार और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगें इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानें ही खुली रहेंगी प्रदेश सरकार द्वारा जारी नई एसओपी के मुताबिक इन दो दिनों के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिम मॉल स्वीमिंग पूल खेल परिसर और पार्क भी बंद रहेंगें जरूरी वस्तुओं की जो दुकानें खुली रहेंगी उनमें फल सब्जी दूध मीट और गाड़ियों की वर्कशॉप शामिल है ये दुकाने भी दोपहर एक बजे तक ही खुली रहेंगी रेस्टोरेंट ढाबे और होटल केवल टेक अवे और होम डिलिवरी सेवा के लिए ही उपलब्ध रहेंगे

इस संबंध में राज्य के सभी जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

मौसम प्रदेश के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते चार दिनों से हो रही बर्फबारी और राज्य के निचले क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में हो रही बेमौसमी बर्फबारी के चलते सभी सड़कें अवरूद्व हो गई हैं और तारें टूटने से बिजली तथा संचार सेवाएं भी बाधित हैं

मौसम के खराब बने रहने के चलते घाटी के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है किन्नौर जिला में भी बर्फबारी व वर्षा के चलते अधिकांश सड़कें बंद हैं चंबा जिला की पांगी घाटी का चौथे दिन भी शेष विश्व से संपर्क कटा हुआ है किन्नौर लाहौल स्पीति और पांगी प्रशासन ने हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों से घरों में बने रहने की अपील की है इस बीच प्रसिद्व पर्यटल स्थल नारकंडा और मनाली में भी हिमपात हुआ बेमौसमी बर्फबारी से शिमला किन्नौर लाहौल स्पीति कुल्लू पांगी और चंबा जिला के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है राज्य के निचले इलाकों में भी वर्षा से गेहूं की फसल को नुकसान की सूचना है